शिमला में आज सभी जिला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन के लिए फूल प्रफ मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है क्योंकि किसी भी तरह की ढील नुकसानदायक साबित हो सकती है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्य व अन्य आवश्यक वस्तुए पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने आज राजधानी शिमला के बैनमोर वार्ड में स्वयंसेवी संस्था हैल्पेज इंडिया द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को जरूरी सामग्री वितरण कार्यक्रम में ये बात कही

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के बरनोह में आज निर्माणाधीन मुर्राह प्रजनन केन्द्र का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के खुलने से किसानों को उन्नत नस्ल की भैंस मिल सकेगी जिससे वे अपनी आय को और अधिक बढ़ा सकेंगे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है लेकिन किसानों के योजनाओं के प्रति जागरूक होने से ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है

पिछले कल प्रदेश में सात जबकि ऊना ज़िला से आज एक नया मामला सामने आया है कल आए मामलों में सिरमौर कांगड़ा और बिलासपुर जिलों से दो दो जबकि हमीरपुर से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं

भाजपा कांग्रेस प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना गरीब व ज़रूरतमंदों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान सिद्ध होगी एक बयान में उन्होंने कहा कि योजना के शुरू होने से श्रमिक अपने मूल प्रदेश के बाहर भी राशन सुविधा का लाभ ले सकेंगे दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्वि के लिए सरकार की व्यवस्था में कमी को जिम्मेवार बताया है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बाहर से आने वाले लोगों की सही ढंग से कोरोना जांच नहीं कर पा रही है

ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद इन लोगों को उनके जिला मुख्यालय भेज दिया गया है प्रशासन द्वारा इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए सभी को सेनेटाइजर मास्क और अल्पाहार दिया गया

लाहौल स्पीति के उपायुक्त केके सरोच ने आज केलंग में मध्यष्टियादी कषाय काढ़ा कोरोना योद्वाओं को वितरित किया उपायुक्त ने उम्मीद जताई कि ये काढ़ा कोरोना योद्वाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभदायक सिद्द होगा ज़िला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने इस काढ़े के प्रयोग की विधि की जानकारी दी सैंपल मंडी ज़िले में कोरोना संक्रमण को लेकर सैंपल टैस्ट की संख्या को तीन गुणा तक बढ़ाया गया है

उन्होंने कहा कि ज़िले में फ्रंट लाइन कोरोना योद्दाओं के भी रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज़िले में दो चरणों में ये अभियान चलाया जा रहा है